प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अगले पांच वर्ष विश्व में भारत का खोया स्थान वापस पाने का है समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का चुनाव जीतने के बाद पहला वाराणसी दौरा आज प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री कांत शर्मा ने कहा प्रदेश में व्यवस्थित बिजली आपूर्ति के साथ साथ किसानों के लिए अलग एग्रीकल्वर फीडर की जारी है व्यवस्था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ब्रहस्पतिवार तीस मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलायेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथग्रहण समारोह शाम सात बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा लोकसभा चुनाव में एतिहासिक जीत के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने नरेन्द्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना इसके बाद श्री मोदी राष्ट्रपति से मिले और केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया नरेन्द्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में सभी राण्यों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है खासकर परिचम बंगाल और ओडीशा जहां भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है इस नए मंत्रिमंडल में कई पुराने चेहरों के अलावा कुछ नए चेहरों को भी जगह मिलने की उम्मीद है दिवाकर आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आने वाले पांच वर्ष दुनिया में भारत को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का समय होगा अहमदाबाद में कल शाम एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत सबके सहयोग से प्रगति करेगा उन्होंने कहा कि व्यापक जनादेश बड़ी जिम्मेदारियां भी साथ लेकर आता है और ऐसी बड़ी जीत के बाद नम्न बने रहना बहुत जरूरी है श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद लोगों ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मतदान किया मतदाताओं ने भीषण गर्मी की भी परवाह नहीं की उन्होंने कहा कि दो हजार चौदह का जनादेश गुजरात के विकास के नाम पर मिला था जबकि इस बार का चुनाव देश की जनता ने खुद लड़ा है श्री मोदी ने कहा कि सूरत में हुई दुखद घटना के बाद वे इस दुविया में थे कि कार्यक्रम में हिस्सा लें या नहीं लेकिन वहीं दूसरी ओर वे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के पहले अपनी मां और गुजरात के लोगों का आर्शीवाद भी लेना चाहते थे उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार सूरत की घटना के पीडित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है उन्होंने उम्मीद जतायी कि राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से अभ्निसुरक्षा के उपाय और बेहतर हो सकेंगे इससे पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वजह से भाजपा देश के हर घर तक अपनी पहुंच बना सकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव नेपाल ने लोकसभा चुनाव में जीत पर नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि तीनों विदेशी नेताओं ने श्री मोदी को फोन पर शुभकामनाएं दी हैं नरेन्द्र मोदी ने शुभकामनाएं देने तथा फोन करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया श्री मोदी ने अपनी सरकार की सबसे पहले पड़ोसी नीति का उल्लेख करते हुए कहा है कि संयुक्त रूप से गरीबी का मुकाबला करना होगा उन्होंने विश्वास बहाल करने और हिंसा तथा आतंक मुक्त माहौल बनाने पर बल दिया तथा कहा कि क्षेत्र में शांति प्रगति और समृद्वि के लिए सहयोग आवश्यक है नवनिर्वाचित सांसद स्मृति ईरानी कल अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के बरौलिया गांव में ग्राम प्रधान सुरेन्द्र सिंह के अन्तिम संस्कार में शामिल हुई और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर के उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं श्रीमती ईरानी के करीबी और चुनाव में सहयोगी रहे सुरेन्द्र सिंह की परसों देर रात अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी

इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को अमेठी जिले में भाजपा नेता सुरेन्द्र सिंह की हत्या के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं बरेली में तीन तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र भेजकर तीन तलाक सम्बन्धी विधेयक को जल्द पारित कराने की मांग की है महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली एक सामाजिक संस्था द्वारा भेजे गये इस पत्र में सम्बन्धित विधेयक मे बच्चों के पालन पोषण स्त्री धन की वापसी और बहविवाह पर रोक लगाने की मांग भी की गयी है इस बीच शहर की तीन तलाक प्रभावित महिलाओं ने केन्द्र में भाजपा की पुनः सरकार बनने पर जश्न भी मनाया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोकसभा चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद वाराणसी का ये उनका पहला दौरा होगा अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पहंचेंगे और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेंगे पूरी काशी अपने उस जनप्रतिनिधि के स्वागत का बेसब्री से इंतजार कर रही है जिसने लगातार द्रसरी बार उनके दिलों को जीता है नामांकन के दौरान किए गए अपने वादे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे विजय प्राप्त करने के बाद ही कासी पहुंच रहे हैं

नरेंद्र मोदी काशी की जनता का धन्यवाद करते हुए पुलिस लाइन से काशी विश्वनाथ के छह किलोमीटर लवे रास्ते से गुजरंगे जहां बीच में कई स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री का अभिनदन करेंगे प्रधानमंत्री इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को दीनदयाल हस्तकला संकृत में संबोधित करेंगे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति करने की ओर ध्यान केन्द्रित कर रही है आकाशवाणी संवाददाता सुशील चन्द्र तिवारी के साथ विशेष बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि किसानों को बिजली की बेहतर आपूर्ति के लिए अलग से कृषि फीडर की व्यवस्था भी विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है आने वाले समय में क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं बिजली अच्छी क्वालिटी के लोगों को बिजली मिलेगी जो ट्रिपिंग फाल्ट थोड़ी बहुत होती है वह भी न मिले

एप्रीकल्वर जो फीडर है उसको सप्रेट किया है

डाक विभाग के अधीन इण्डिया पोस्ट पेमेण्ट्स बैंक सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं का वितरण करने वाला प्रमुख बैंक बन गया है

प्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष में ग्यारह लाख इकत्तीस हजार खाते खोले गये हैं श्री यादव ने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लोगों से जोड़ने के लिए इण्डिया पोस्ट पेमेण्ट बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है

राज्य विधान परिषद के पूर्व सदस्य मधुबन सिंह का कल सुबह लखनऊ में निधन हो गया श्री सिंह उन्नीस सौ अठहत्तर से उन्नीस सौ चौरासी तक विधान परिषद के सदस्य रहे

कानपुर में कल एक सड़क दुर्घटना में तीन महिलाओं की मौत हो गयी और पांच लोग घायल हो गये हैं यह हादसा जिले के सचेंडी में भौती हाई वे के क्रीब उस समय हुआ जब एक तेज़ रफ़्तार ट्रक और बैन आपस में टकरा गयी पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है जबकि दुर्घटना में घायल लोगों को उपचार के लिए स्थानीय हैलेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है